श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन न्यायपालिका और बदला विश्व को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि कोई भी देश समाज जेंडर जस्टिस के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता ना ही न्यायप्रियता का दावा कर सकता है श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में देश में कुछ ऐसे बडे फैसले आये जिनको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा रही

कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि कानून के शासन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि न्यायपालिका विभिन्न चुनौतियों से कैसे निपटती है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का असर न केवल हमारे न्यायिक क्षेत्र पर बल्कि बाहर भी होता है

उन्होंने खिलाडियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सभी खिलाडियों को अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करना चाहिए उन्होंने चित्तौडगढ में जल्द ही इन्डोर स्टेडियम बनाने को कहा

इसके तहत पहले चरण में जोधपुर की जोजरी सहित देश की आठ नदियां में पूरे साल जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आइआइटी कानपुर स्थित सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनजमेंट स्टडीज के संस्थापक अध्यक्ष प्रो विजय टारे को जिम्मा सौंपा गया है प्रो टारे जोजरी में जल प्रवाह बनाए रखने के साथ जोधपुर की भू जल और पेयजल व्यवस्था को लेकर समन्वित दु ष्टिकोण पत्र बनाकर मंत्रालय को सौंपेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमारे संवाददाता को बताया कि नदियों की साफ सफाई के लिए प्रो टारे के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है जोजरी नदी अगले पांच साल में साफ हो जाएगी

उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश के हस्तशिल्पियों और हस्तकला उत्पादों को देश विदेश में बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाईन मार्केटिंग संस्थाओं के सहयोग और समन्वय से संभावनाओं को तलाशा जाएगा

राजस्थान का पार्टनर राज्य असम को बनाया गया है आज हम आपको बताने जा रहे है असम की कला हस्तशिल्प और परिधान के बारे में वैसे तो असम अपने प्राकृतिक सौन्दर्य संस्कृति और लोक परम्पराओं के लिए काफी मशहर है वहीं इसकी कला और हस्तशिल्प भी बेहद समुद्व है यहां पारम्परिक शिल्प जैसे मिट्टी के बर्तन टैराकोटा का काम पीतल शिल्प आभूषण संगीत वाद्य यंत्र बेंत और बांस शिल्प रेशम और कपास की बुनाई प्रमुख हैं यह इस्तशिल्प यहां के लोगों के लिए रोजगार का प्रमुख स्त्रोत है हथकरघा उद्योग में बुनाई का काम यहां की महिलाओं में सर्वाधिक प्रचलित है अगर बात यहां के परिधान की करें तो पुरूष सुरिया या धोती और महिलाएं मेखला चादोर या रिहा मेखला पहनती है

श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं

उदयपुर के एरिया मैनेजर मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि इसके अलावा हमसफर एक्सप्रेस दिल्ली सराय रोहिल्ला भी नहीं चलेगी